पीएम कानपुर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गंगा की सफाई के उद्देश्य से राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की कानपुर में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर गजेन्द्र सिंह शेखावत समेत कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे प्रधानमंत्री ने अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और गंगा की सफाई के लिए सुझाव दिये सीएम कानपुर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में प्रतिभाग करते हुए नमामि गंगे परियोजना में गंगा की सहायक नदियों पर स्थित प्रमुख नगरों में भी सीवेज प्रबंधन की योजनाओं की स्वीकृति देने और ठोस अपशिष्ठ निस्तारण की व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिया है उन्होंने प्रधानमंत्री से आगामी कुम्भ में स्थाई और अस्थाई प्रकृति के कार्यों के लिए सहायता का भी अनुरोध किया

राष्ट्रीय संभाषा आरोग्यम आयुष शिक्षा मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा है कि आयुर्वेद के क्षेत्र में शोध की और अधिक आवश्यकता है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को सुलभ स्वास्थ्य और आरोग्य प्रदान किया जा सके हरिद्वार में दो दिवसीय राष्ट्रीय संभाषा आरोग्यम कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर श्री रावत ने आरोग्य भारती द्वारा आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए किये जा रहे प्रयासों की सराहना की उन्होंने कार्यक्रम में देश के विभिन्न प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों का स्वागत भी किया उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार लोगों को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए प्ररी तरह से प्रतिबद्ध है

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज उच्च अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया विधानसभा अध्यक्ष ने ओपन सेरेमनी हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल पार्किंग व्यवस्था सहित प्रदर्शनी स्थल और अतिथियों के भोज स्थल का निरीक्षण किया उन्होंने एसपी सिटी को अतिथियों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और कार्यक्रम में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध रखने के निर्देश दिए विधानसभा अध्यक्ष ने आयोजन स्थल पर औद्योगिक विभाग द्वारा लगाए जाने वाले स्टॉलों और हस्तशिल्प प्रदर्शनी के बारे में भी जानकारी ली

राष्ट्रीय लोक अदालत देशभर में आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है इसके तहत प्रदेश के सभी न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में समय की बचत के साथ ही कोर्ट की फीस से भी बचा जा सकता है लोक अदालत के बारे में जानकारी देते हुए देहरादून सिविल कोर्ट के जिला जज प्रशांत जोशी ने बताया कि दांडिक किस्म के ऐसे सभी अपराधिक मामले जिसमें पक्षकार समझौता कर सकते हैं ऐसे वादों को लोक अदालत में नियत किया जाता है इसके अलावा जो लोग बैंकों से ऋण लेकर चुका नहीं पाते हैं उनका भी लोक अदालत में हिसाब किताब चुकता करने की सुविधा उपलब्ध है

स्वच्छता रैली चंपावत जिले में चल रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत लोहाघाट में पुलिस और आईटीबीपी के जवानों ने स्वच्छता अभियान चलाया और जागरूकता रैली निकाली जवानों ने लोहाघाट के बाजारों में साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग करने के लिए प्रेरित भी किया

इस दौरान लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों से भी अवगत कराया गया मौसम प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में हिमपात और अन्या भागों में हल्की और मध्य म वर्षा होने से तापमान में गिरावट आई है

ऊंचाई वाले इलाकों में भारी हिमपात और राज्य के अन्य हिस्सों में बारिश ने राज्य के पर्वतीय अंचलों में जनजीवन को प्रभावित किया है

पिथौरागढ़ टिहरी चमोली उत्तरकाशी पौड़ी देहरादून और रुद्रप्रयाग जिलों में कुछ सड़कें अवरुद्व हैं जिनमें से कुछ यातायात के लिए सुचारु कर दी गई हैं जबकि बाकी मार्गों को खोलने का कार्य किया जा रहा है मौसम विभाग के मुताबिक कल उत्तरकाशी चमोली और पिथौरागढ़ में कहीं कहीं हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है अन्य जगहों पर मौसम सामान्य रहेगा

राजधानी देहरादून में रहने वाले शराणार्थियों ने इस फैसले का स्वागत करते हए मोदी सरकार का धन्यवाद किया है नानक चंद भाटिया का कहना है कि उन्हें जो परेशानी हुई वो अब देश में आने वाले अन्य शरणार्थियों को नहीं होगी ऊधमसिंह नगर जिले में रहने वाले पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी व्यक्त की

ऋषिकेश में भी सरकार के इस कदम की लोगों द्वारा जमकर सराहना की जा रही है शरणार्थियों का कहना है कि इस कानून से उनकी खोई हुई पहचान वापस मिल सकेगी ऊर्जा संरक्षण दिवस बागेश्वर में ऊर्जा संरक्षण दिवस पर गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें ऊर्जा को आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता करार दिया गया और उसके संरक्षण को लेकर मंथन हुआ इस अवसर पर परियोजना अधिकारी रॉकी कमार ने कहा कि ऊर्जा आर्थिक विकास की मूलभूत आवश्यकता है भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि उद्योग वाणिज्य परिवहन घरेलू आदि सभी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग अपने सभी रूपों में लगातार बढ़ रही है उन्होंने कहा कि तेल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं जबकि सीमित भंडार होने के कारण यह भविष्य के लिए चिंताजनक है प्रभारी सीईओ प्रमोद कुमार तिवाड़ी ने कहा कि आज आवश्यक हो गया है कि ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों पर अभी से ध्यान केंद्रित करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उपयोग की तकनीकें विकसित की जाए ताकि भावी पीढ़ी के लिए समुचित ऊर्जा संसाधन उपलब्ध रहें इस दौरान निबंध भाषण चित्रकला आदि प्रतियोगिताओं के विजयी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया